केन्द्र सरकार कल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट संसद में पेश करेगी आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग से बजट का होगा सीधा प्रसारण ईओडब्ल्यू ने छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी के दफ्तर में छापा मारा कांकेर जिले में माओवादियों ने अगवा किए गए एक ग्रामीण की हत्या की संसद बजट सत्र संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया श्री कोविंद ने कहा है कि सरकार ने नए भारत के निर्माण का सफर शुरू किया है जहां प्रत्येक व्यक्ति को बुनियादी सुविधाएं मिली हैं और प्रतिष्ठा के साथ न्याय मिला है उन्होंने कहा कि आज लोग स्वस्थ सुरक्षित और शिक्षित हैं सबको तरक्की के समान अवसर मिलते हैं और हर बेटी सुरक्षित महसूस करती है राष्ट्रपति ने कहा कि इस नए भारत को पूरी दुनिया से सम्मान मिल रहा है मेरी सरकार ने कार्यभार संभालने के साथ ही एक नया भारत बनाने का संकल्प लिया एक ऐसा नया भारत जहां व्यवस्थाओं में अध्रापन और अर्कमण्यता न हो जहां भ्रष्टाचार न हो जहां अस्वच्छता के लिए कोई स्थान न हो पहले दिन से ही मेरी पारदर्शी सरकार का ध्येय था कि सभी देशवासियों का जीवन सुधरे राष्ट्रपति ने कहा कि देश नैतिकता और सिद्धांतों पर आधारित समावेशी समाज के निर्माण के लिए महात्मा गांधी के सपनों को साकार कर रहा है राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष आम चुनाव में लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जाएगा जिसमें इस सदी में जन्मे युवा मतदाता पहली बार वोट देंगे उन्होंने कहा कि नागरिकता संशोधन विधेयक से उन लोगों को भारतीय नागरिकता हासिल करने में मदद मिलेगी जो भारत में शरण लेने के लिए विवश हुए हैं उन्होंने कहा कि सरकार अन्य बेटियों की तरह मुस्लिम बेटियों को भी समान अधिकार देने के लिए जल्द से जल्द तीन तलाक विरोधी विधेयक संसद में पास कराने के प्रयास कर रही है राष्ट्रपति ने वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने की सरकार की प्रतिबद्वता दोहराते हुए कहा कि किसानों को उत्कृष्ट बीज और मंडियों तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा रही है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सभी सांसदों से अनुरोध किया है कि वे संसद के बजट सत्र को उपयोगी बनायें सत्र के पहले दिन आज संसद के बाहर प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार सबका साथ सबका विकास के लिए प्रतिबद्ध है

आगे भी इसके लिए हम प्रतिबद्ध है सदन में भी सबका साथ ले करके देश के विकास के लिए काम करने के निर्णयों में हम आगे बढ़ना चाहते हैं हमारी पूरी कोशिश रहेगी हर विषय पर चर्चा करने के लिए हम उत्सुक है बजट केन्द्र सरकार कल आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अपना बजट संसद में पेश करेगी वित्त विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे मंत्री पीयूष गोयल यह बजट पेश करेंगे आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल बजट का सीधा प्रसारण करेगा इसमें बजट के बारे में विशेषज्ञों के विश्लेषण विशेष बजट बुलेटिन और बजट के बारे में लोगों की प्रतिक्रिया शामिल होंगी यह कार्यक्रम एफएम गोल्ड चैनल और अन्य फ्रिक्वेसियों पर उपलब्ध होंगे यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग के सभी सोशल मीडिया मंचों ट्वीटर और फेसबुक के एयरन्यूजएलर्टस तथा न्यूज ऑन ए आई आर ऑफिशियल यू ट्यूब चैनल पर कल सुबह दस बजकर दस मिनट से उपलब्ध होगा धान खरीदी किसानों से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का सिलसिला आज थम गया है प्रदेश में धान खरीदी पिछले साल एक नवंबर को शुरू हई थी इस बार पचहत्तर लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था अब तक मिली जानकारी के अनुसार धान खरीदी के मामले में जांजगीर चांपा जिला पहले स्थान पर है वहीं महासमुंद जिला दूसरे और राजनांदगांव जिला तीसरे स्थान पर है जाजगीर चांपा जिले में इस बार पचहत्तर लाख बहत्तर हजार क्विंटल धान की खरीदी गई है जबकि जिले में सत्तर लाख क्विंटल धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया था तीर्थयात्रा योजना राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना को आगे जारी रखने का निर्णय लिया है समाज कल्याण मंत्री अनिला भेंड़िया ने मुख्यमंत्री तीर्थयात्रा योजना के लिए गठित समिति की बैठक में यह जानकारी दी श्रीमती भेंड़िया ने कहा कि वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थयात्रा योजना सामाजिक सहायता कार्यक्रम के अंतर्गत पेंशन योजना सहित दिव्यांग व्यक्तियों की छात्रवृत्ति योजना भी जारी रहेगी चिप्स ईओडब्ल्यू जांच आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने आज छत्तीसगढ़ इंफोटेक प्रमोशन सोसाइटी चिप्स के दफ्तर में छापा मारा ईओडब्ल्यू चिप्स में कथित रूप से हुए टेंडर घोटाले की जांच कर रही है पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट में चिप्स में साढ़े चार हजार करोड़ रूपए के कथित घोटाले की बात सामने आई थी इसे गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस घोटाले की जांच कराए जाने की घोषणा की थी घोटाले की जांच का जिम्मा ईओडब्ल्यू के पुलिस महानिरीक्षक एसआरपी कल्लूरी को दिया गया है ईओडब्ल्यू तीन महीने में जांच पूरी कर अपनी रिपोर्ट शासन को प्रस्तुत करेगा अंतागढ़ टेपकांड मामला अंतागढ़ टेप कांड मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी की शिकायत के बाद न्यायालय ने इस संबंध में खबर प्रकाशित करने वाले एक राष्ट्रीय स्तर के पत्र समूह के डायरेक्टर संपादक प्रधान सम्पादक रिपोर्टर मुद्रक प्रकाशक के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध कर नोटिस जारी किया है जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश प्रवक्ता और राजनीतिक सलाहकार अशोक शर्मा ने एक बयान जारी कर बताया कि इस अखबार ने अंतागढ़ टेपकांड मामले में अजीत जोगी अमित जोगी और तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के दामाद पुनीत गुप्ता की बातचीत को आधार बताते हुए समाचार का प्रकाशन किया था इसके बाद अजीत जोगी ने इस समाचार पत्र के खिलाफ अपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था इस बीच इस मामले में आज विशेष जांच दल एसआईटी ने भाजपा नेता मंतूराम पवार से पूछताछ की इससे पहले कल एसआईटी ने इस मामले में एक अन्य आरोपी फारूख सिद्दीकी का बयान भी दर्ज किया है माओवादी वारदात कांकेर जिले में माओवादियों ने पिछले दिनों अगवा किए गए एक ग्रामीण की हत्या कर दी माओवादियों क्छ दिन पहले महाराष्ट्र की सीमा से लगे ताड़गांव में पांच ग्रामीणों को अगवा कर लिया था जिसमें से तीन की हत्या कर दी गई थी बाकी बचे दो ग्रामीणों से एक का शव आज पुलिस ने बरामद किया है वहीं दंतेवाड़ा जिले के कटेकल्याण चिकपाल मार्ग पर सुरक्षा बलों ने पांच किलो का आईईडी बरामद किया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने बताया कि गश्त के दौरान जवानों ने दर्जनों स्पाईक होल भी बरामद किए हैं इधर धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के बोरई मार्ग में माओवादियों ने पेड़ काटकर मार्ग अवरूद्व करने का प्रयास किया पुलिस अधीक्षक बालाजी राव सोमावार ने बताया कि घटना के बाद से क्षेत्र में गश्त बढ़ा दी गई है भारत पर्व छत्तीसगढ राजधानी दिल्ली के लालकिले में आयोजित भारत पर्व में छत्तीसगढ़ के लोक कलाकारों ने आज छत्तीसगढ़ की समुद्ध लोक कला और संस्कृति पर आधारित कार्यक्रम प्रस्तुत किए कलाकारों की इस शानदार प्रस्तुति ने हजारों देशी और विदेशी दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया दुर्ग जिले के अहिवारा की सांस्कृतिक संस्था के बीस कलाकारों के दल ने अपने कार्यक्रम की शुरूआत कबीर साहेब के दोहे से की कलाकारों ने जसगीत और राऊत नाचा प्रहसन जैसे छत्तीसगढ़ के पारंपरिक लोक नाट्य प्रस्तुत किए छत्तीसगढ़ के फूड स्टाल सहित हस्त शिल्प और हथकरघा के स्टालों को भी दर्शको का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है

इसका फायदा साठ हजार से भी अधिक रिसर्च फेलो को मिलेगा सभी रिसर्च फेलो को केन्द्र सरकार के मानदंडो के अनुसार मकान किराया भत्ता भी दिया जाएगा इस निर्णय से भौतिक और रासायनिक विज्ञान सहित विज्ञान और प्रौद्योगिकी इंजीनियरिंग गणितीय विज्ञान कृषि विज्ञान जीव विज्ञान फार्मेसी जैसे किसी भी क्षेत्र में दाखिला लेने वाले पीएचडी छात्रों और अन्य अनुसंधान कर्मियों को फायदा मिलेगा जूनियर रिसर्च फेलोशिप पीएचडी कार्यक्रम में पहले दो वर्षों के लिए अब शोधकर्ताओं को इकतीस हजार रूपए प्रति महीने दिए जाएंगे इसी प्रकार पीएचडी सीनियर रिसर्च फेलो को पैंतीस हजार रुपये हर महीने मिलेंगे वरिष्ठ अनुसंधान एसोसिएट्स के लिए चौव्वन हजार रुपये प्रति माह निर्धारित किए गए हैं

आयकर विभाग ने आज महासमुंद में एक व्यावसायिक समूह की दो दुकानों में छापा मारा

बिलासपुर के छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स में आग लगने के बाद आईसीयू से निजी अस्पताल में शिफ्ट किए गए एक और नवजात बच्चे की आज मृत्यु हो गई है गौरतलब है कि सिम्स में बीते बाईस जनवरी को हुए इस हादसे के बाद अब तक पांच बच्चों की मौत हो चुकी है गरियाबंद जिले के सुपेबेड़ा में एक और ग्रामीण की किडनी की बीमारी से मौत हो गई इसके साथ ही यहां मरने वालों की संख्या बढ़कर सत्तर पहुंच गई है